सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने देश को यह संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे या कानून के दायरे में ही आता है उन्होंने कहा कि हम इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है उन्होंने लोगों से शांति सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की है प्याज केंद्र सरकार ने बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक लाख टन प्याज के आयात का निर्णय लिया है कल एक ट्वीट संदेश में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम से प्याज का आयात करने को कहा गया है आयातित प्याज की देशभर में आपूर्ति के लिए नेफेड को भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वे वहां संस्कृतभारतीय वर्ल्ड कॉन्फ्रैंस में हिस्सा लेंगे इससे पूर्व वे पंजाब के जालंधर में शहीद परिवार को दी जाने वाली राहत राशि के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे प्रकाश पर्व गुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोलन की गुरूद्वारा सिंह सभा सपरून ने बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया सभा के मुख्य ग्रंथी भाई गुरदीप सिंह ने बताया कि सिक्रव धर्म के प्रति नौनिहालों की जानकारी को जानने के लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई लवी प्रबंध शिमला ज़िला के रामपुर में कल से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को लेकर ज़िला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मेले का श्भारंभ करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे

संघ के प्रदेश राज्य सचिव भरत शर्मा ने बताया कि संघ पुरानी पैंशन बहाली की मांग के लिए अपना आंदोलन जारी रखेगा

शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने एक बैठक में बताया कि इस दौरान संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर पर भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा मांग शिमला जिले के कृषि बागवानी यूनियन के उपाध्यक्ष इन्द्र सिंह दमसेठ ने रासायनिक व जैविक खाद के बढ़ते दामों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से दामों में उचित राहत देने की मांग की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले पर फैसले से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अमर उजाला की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिमाचल में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है श्रीराम जन्म भूमि पर निर्णय सराहनीय हिमाचल में माहौल सौहार्दपूर्ण दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है केन्द्र तीन महीने में बनाए ट्रस्ट सोमनाथ जैसा होगा राम मंदिर ट्रस्ट दैनिक जागरण व दैनिक सवेरा टाईम्स की लगभग एक जैसी सुर्खी है अयोध्या फैसला मंदिर वही बनेगा अजीत समाचार के मुताबिक अयोध्या रामलला की पांच जजों की बैंच ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला आपका फैसला के अनुसार विवादित भूमि रामलला को मिली सुन्नी पक्ष को कही और जमीन हिमाचल पुलिस ने एडवाईजारी की जारी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट और अफवाह फैलाई तो होगी कार्रवाई पंजाब केसरी की एक ख़बर है आपका फैसला की एक अन्य सुर्खी है अयोध्या पर फैसले के बाद हिमाचल में स्थिति सामान्य प्रदेश पुलिस की हर प्रकार की गतिविधि पर नज़र जगह जगह किया फ्लैग मार्च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

नमस्कार